सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

श्री मोदी केरल के पलक्कड़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे वह दोपहर में तमिलनाडु के धारापुरम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे वह पुडुचेरी में एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम देबरा और पंसकुरा पश्चिम में तीन रोड शो करेंगे वह डायमंड हार्बर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा आज असम में तीन जनसभाओं को संबोधित करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राइल गांधी कल असम पहुंचेंगे पार्टी महासचिव प्रियंका वाड्रा केरल के कई जिलों में नुक्कड बैठक को संबोधित करेंगी उधर असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा

दूसरे चरण का मतदान अगले महीने की पहली तारीख को होगा

वैक्सीन ले जाने वाले विमान फिजी जिम्बाम्बे नाइजर और पराग्वे पहुंचे

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी और विश्व को महामारी से निपटने में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया पराग्वे के राष्ट्रपति मैरितो एब्दो जिम्बाम्बे के राष्ट्रपति एमरसन डैम्बुडजो मननगवा ने भी वैक्सीन के लिये भारत को धन्यवाद दिया है

जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन के तहत चार करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंचाकर एक नई उपलब्धि हासिल की गई है

गोवा ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां शत प्रतिशत ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचा है उसके बाद तेलंगाना और अंडमान निकोबार ट्वीप समूह का स्थान है सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अथक प्रयास से जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचाने का काम जारी है प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए सभी ग्रामीण घरों में स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने में तेजी से कार्य कर रहे हैं

रंगों की होली के अगले दिन मनाये जाने वाला भाई दूज भाई बहनों के स्नेह के प्रतीक का पर्व है आज ही भगवान चित्रगुप्त और मां सरस्वती का पूजन किया जाएगा साथ ही कलम दवात के पूजन का विधान भी है इसके पहले कल प्रदेशभर में रंगों का पर्व होली हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बसंत ऋतु के आगमन के प्रतीक का यह लोकपर्व भगवान कृष्ण और राधा के दैवीय प्रेम की स्मृति भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार और दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का वध करते हुए भक्त प्रहलाद की ईश्वर भक्ति को लोक मान्यता दिलाने की याद में मनाया जाता है कोरोना महामारी के कारण इस बार होलिका दहन सांकेतिक रूप से किया गया वहीं रंगों की होली लोगों ने अपने घरों में ही मनाई लोगों ने एक दूसरों को सोशल मीडिया के जरिए ही बधाई और शुभकामनाएं दीं शिवपुरी जिले में होली का पर्व लोगों ने कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाया मुरैना में होली के दौरान कोरोना दिशा निर्देशों का पालन कराने के लिए शहर के दो दर्जन स्थानों पर पुलिस तैनात रही

राष्ट्रपति ने राज्यसभा का भी सत्रावसान कर दिया है

शहर में अलग अलग समाजसेवी संस्थाओ द्वारा लगवाया गया यह पांचवां वॉटर कूलर है

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में कल पुलिस ने पांच नक्सलवादियों को मार गिराया

इस बुलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार